शारदीय नवरात्र के आठवें दिन आज देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि मंदिरों और शक्तिपीठों में महाअष्टमी के मौके पर पूजा अर्चना के लिये सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है कल महासप्तमी प्रजन के बाद देवी दुर्गा के पट खुलने के साथ ही प्रजा पंडालों में देर रात तक देवी दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ते रहे राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहा बेली रोड कदम कुआं बंगाली अखाड़ा पटना सिटी और राजाबाजार समेत अन्य जगहों पर बने पूजा पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है देवी दर्शन के लिए उमड़ रही भीड़ को देखते हुए प्रदेशभर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं प्रमुख चौक चौराहों पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को भी तैनाती की गयी है

सादी वर्दी में भी पुलिस गश्त कर रही है संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है खगड़िया के पसराहा थानाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी मामले में कुख्यात दिनेश मुनि के तेहाय स्थित घर की कुर्की जब्ती की गयी है आशीष कुमार सिंह दिनेश मुनि गिरोह के साथ मुठभेड़ में शहीद हुये थे पुलिस अधीक्षक मीनू कुमारी ने बताया कि इस मामले में उसकी बहन और एक चिकित्सक को हिरासत में लिया गया है इन दोनों से मिली जानकारी के आधार पर दिनेश की गिरफ्तारी के लिये लगातार छापेमारी की जा रही है इंटरमीडिएट टॉपर घोटाले के मुख्य आरोपी बच्चा राय की दूसरे राज्यों में भी अवैध संपत्ति का पता चला है सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के नोएडा और ओडिशा में उसके आवासीय फ्लैट हैं इनकी कीमत एक करोड़ रूपये से अधिक आंकी गयी है प्रवर्तन निदेशालय अब इन संपत्तियों को भी जब्त करने की तैयारी कर रहा है वहीं बच्चा राय के ट्रस्ट पिता और भाई के नाम से बड़ी रकम निवेश का भी मामला उजागर हुआ है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की दो करोड़ पैंसठ लाख रूपये से अधिक मूल्य की संपत्ति जब्त की जायेगी आर्थिक अपराध इकाई ने इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय को प्रस्ताव भेज दिया है यह कार्रवाई मनी लाँड्रिंग एक्ट के तहत होगी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ब्रजेश ठाकुर ने अपने अलग अलग एनजीओ के माध्यम से लगभग बीस करोड़ रूपये की संपत्ति अर्जित की है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य में भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग पर सरकार अनुदान देने का विचार करेगी श्री मोदी ने कहा कि वर्ष दो हजार पांच में एनडीए की सरकार बनने के बाद मल्टीप्लेक्स में एक करोड़ रुपये तक का निवेश करने वालों को तीन वर्षों तक कर में छूट दी गयी जिससे इस क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिला है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने फिल्म सिटी बनाने के लिए राजगीर में बीस एकड़ जमीन चिन्हित कर ली है और जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा प्रदेश के छिहत्तर प्रतिशत घरों में शौचालय का निर्माण किया जा चुका है ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत अगले वर्ष गांधी जयंती तक बाकी बचे घरों में भी शौचालय निर्माण का लक्ष्य हासिल कर लिया जायेगा उन्होंने बताया कि राज्य के दो जिले एक सौ तेईस प्रखण्ड दो हजार छह सौ चौवन पंचायत और तेरह हजार तीन सौ छह गांव ओडीएफ घोषित हो चुके हैं मुजफ्फरपुर के तुर्की से सिलौत के बीच नई रेललाईन बिछायी जायेगी सोनपुर मंडल ने सोलह किलोमीटर लंबी इस रेल परियोजना का डीपीआर तैयार कर मंजूरी के लिये रेलवे बोर्ड को भेज दिया है इस पर लगभग तीन सौ करोड़ रूपये की लागत आयेगी सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित रेललाईन पर फिलहाल मालगाड़ी ट्रेनों को चलाने की योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अक्टूबर से दिसंबर महीने तक ग्रामीण क्षेत्रों के लाभुकों को डेढ़ लीटर प्रतिमाह की दर से किरासन तेल मिलेगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पिछले तीन महीनों में पंद्रह हजार एक सौ पैंसठ छात्रों को उच्च शिक्षा के लिये ऋण दिया गया है इसमें सबसे अधिक पटना जिले के एक हजार पांच सौ छात्र हैं इंटर और मैट्रिक सेंटअप जांच परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है इंटर की परीक्षा एक से छह नवंबर और मैट्रिक की परीक्षा बीस से चौबीस नवंबर तक होगी प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पाठ्य पुस्तक के वितरण की जांच के लिये हरेक जिले में टीम का गठन किया गया है यह टीम तेईस अक्टूबर से तीन नवंबर के बीच जिला से प्रखण्ड तक औचक जांच कर देखेगी कि बच्चों को किताब या किताब खरीदने के लिये पैसे मिले या नहीं बिहार विधानसभा में आठ विभिन्न श्रेणियों के लिये तेईस अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है जिन पदों के लिये आवेदन मांगे गये हैं उनमें चालक प्रस्तकायल परिचारी पत्र वितरक कार्यालय परिचारी समेत अन्य पद शामिल हैं दीपावली और छठ को देखते हुये पूर्व मध्य रेलवे पटना और नई दिल्ली के आनंद विहार के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन करेगा पटना से यह ट्रेन पंद्रह अठारह और बाईस नवंबर को रात के साढ़े आठ बजे खुलेगी वापसी में यह ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल को सोलह उन्नीस और तेईस नवंबर को शाम छह बजकर पैंतीस मिनट पर पटना के लिये रवाना होगी तैंतालीसवें राज्य सीनियर पुरूष कबड्डी प्रतियोगिता में पूर्व मध्य रेलवे की टीम ने बेगूसराय को पराजित कर खिताब अपने नाम कर लिया है बक्सर में खेली गयी प्रतियोगिता में पूर्व मध्य रेलवे ने बक्सर को एकतरफा मुकाबले में चौंतीस अठारह से पराजित किया असम में आयोजित सत्ताईसवीं राष्ट्रीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता में बिहार के तीन खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है बक्सर की निधि कुमारी मुजफ्फरपुर की ईशा मिश्रा और सपना कुमारी ने विभिन्न वर्गों में पदक जीता है मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मनिकाचांद गांव में गंडक नदी में डूबने से तीन किशोरों की मौत हो गयी वहीं बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के श्रीपुर गांव स्थित चौर में ड्रबने से एक किशोर की मौत हो गयी मधुबनी जिले के सकरी थाना क्षेत्र के मोहनबढ़ियाम गांव में हथियारबंद अपराधियों ने एक निजी फाइनेंस कर्मचारी से दस लाख रूपये लूट लिये पूर्णिया स्थित रिमांड होम में पिछले दिनों हुये दोहरे हत्याकांड के एक आरोपी को पुलिस ने मधेपुरा जिले के मठाही से गिरफ्तार कर लिया है बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र के तुलसी टोला में पुलिस ने छापा मारकर एक घर से पैंतीस कार्टन विदेशी शराब बरामद की है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 हिन्दुस्तान ने केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है सबरीमाला पर संघर्ष के हालात महिलाओं को रोकने के लिये सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे दैनिक जागरण की सुर्खी है मरते दम तक रामपाल को जेल सतलोक आश्रम में पांच लोगों की हत्या के मामले में हिसार की अदालत ने सुनाई सजा दैनिक भास्कर लिखता है गोवा में दो विधायकों का इस्तीफा विधानसभा में अब कांग्रेस भाजपा दोनों के चौदह चौदह सदस्य प्रभात खबर की सुर्खी है गुजरात में फिर एक बच्ची से दुष्कर्म उत्तर भारतीयों पर हमले की आशंका राष्ट्रीय सहारा लिखता है प्रशांत किशोर जदयू के उपाध्यक्ष नियुक्त आज ने केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है दो हजार तीस तक भूखमरी समाप्त करने का लक्ष्य और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेशभर में नवरात्र की धूम